कल नई दिल्ली में हई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी देते हए केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी ने बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य देश की प्रत्येक महिला के प्रजनन संबंधी अधिकार को सुनिश्चित करना है उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए एक राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया जायेगा जो विभिन्न क्लिनिकों में कार्यरत लोगों के लिए एक आचार संहिता तैयार करेगा एक अन्य बड़े फैसले के तहत अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बना दिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को भी मंजुरी दी है केंद्रीय मंत्री प्रकाष जावडेकर ने बताया केंद्र सरकार ने इसमें खुले में शौच से मुक्ति पर ध्यान केंद्रित किया है इस चरण का कल अनुमानित बजट बावन हजार चार सौ संतानबे करोड़ रुपये है उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने बाइसवें विधि आयोग का गठन करने का भी निर्णय लिया है वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में दस हजार नये किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना का फैसला किया गया समिति ने डेयरी क्षेत्र से जुड़े पंचानबे लाख किसानों को कर्ज की दर में ढाई प्रतिशत की छूट देने का भी फैसला किया है रामविलास पासवान उपभोक्ता मामलों के केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि इस वर्ष अप्रैल तक केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कर दी जाएगी औधौगिक संगठनों के साथ इस बारे में चर्चा करने के बाद कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि यह प्राधिकरण उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित सभी मामलों को देखेगा जिसमें भ्रामक विज्ञापन और मिलावटी सामान की बिक्री पर जुर्माना लगाना षामिल है श्री पासवान ने बताया कि प्राधिकरण के अंतर्गत एक षाखा होगी जो सभी मामलों के बारे में जांच करेगी उन्होंने यह भी कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के नियमों को डेढ माह के अंदर अंतिम रूप दे दिया जाएगा राज्यपाल राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत का संविधान सभ्यता संस्कृति और षासन व्यवस्था का दर्पण है यह जन जन की आषाओं और आकांक्षाओं का एक पवित्र दस्तावेज है वे कल राजधानी रांची के नामक्म स्थित झारखण्ड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान में भारत का संविधान विषय पर आयोजित कार्यषाला को संबोधित कर रही थीं उन्होंने कहा कि हमारा संविधान अपने आप में कई विशेषताओं को समेटे हए हैं इसमें विश्व की लगभग सभी संविधान की विशेषताएं समाहित हैं श्रीमती मुर्मू ने कहा कि संविधान को समझना उसके अनुरूप चलना और उसका पालन करना हम सबका कर्तव्य है राज्यपाल ने कहा कि हमारे देश में अथवा राज्य में जो भी समस्याएं हों इनका समाधान संविधान के नियमों के अनुसार ही होना चाहिए उन्होंने कहा कि आवष्यकता अनुसार संविधान में निहित प्रावधान के तहत बदलाव भी किये जाते हैं ऐसे संवैधानिक बदलाव को भी स्वीकार करना चाहिये

बैठक में फैसला किया गया कि मंदिर निर्माण के बारे में निर्णय लेने के लिए एक समिति बनाई जाएगी जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा होंगे बैठक में महंत नृत्य गोपाल दास को न्यास का अध्यक्ष और चंपत राय को महासचिव बनाया गया है पंद्रह सदस्यीय न्यास का गठन नवंबर में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में किया गया है अर्जुन मुंडा केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि जनजातीय समुदाय के कल्याण को बढावा देने के लिए सरकार अनुसुचित जनजाति आयोग के प्रयासों का समर्थन करेगी कल नई दिल्ली में अनुसूचित जनजाति आयोग के सोलहवे स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री मुंडा ने कहा कि आजादी के बाद आदिवासियों को सामाजिक और आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए एक विशेष दल गठित किया जाना चाहिए स्पेषल स्टोरी जमषेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त ने स्वरोजगार से संबधित स्वीकृत लोन को चालू माह के अंत तक भुगतान का निर्देष दिया है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महोत्सव का उदघाटन किया इस अवसर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह प्रयास करेगी कि पर्यटन समृद्ध परम्परा और संस्कृति से झारखण्ड की पहचान बने उन्होंने कहा कि झारखण्ड की कला संस्कृति और परम्पराओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता मुख्यमंत्री ने पर्यटन स्थलों को बड़े पैमाने पर विकसित करने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि बोध गया से इटखोरी तक यातायात व्यवस्था को सुगम बनाया जाएगा इस मौके पर श्रम और नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि राज्य सरकार चतरा के विकास को विषेष प्राथमिकता दगी इस महोत्सव में यहां की संस्कृति और इतिहास से लोगों को अवगत कराया जायेगा

इसके लिए गीत एवं नाटक प्रभाग की टीम सीआरपीएफ और सीएपीएफ के सहयोग से नुक्कड़ नाटक गीत संगीत पारम्परिक कला के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत कल पांच दिवसीय दौरे पर रांची पहंचे उन्होंने आज सुबह रांची महानगर की ओर से रांची के मोरहाबादी में आयोजित संघ समागम में पूर्ण गणवेषधारी स्वयंसेवकों को संबोधित किया वे अपने दौरे के कम में झारखंड और बिहार के संघ के पदाधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर विचार विमर्ष करेंगे उनके इस प्रवास में संघ कार्यकर्ताओं के साथ साथ कार्य विस्तार को नई दिषा मिलेगी संक्षिप्त खबरें हजारीबाग जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रमेश क्मार ने नाबालिग से दृष्कर्म के आरोपी गिद्दी थाना क्षेत्र के रेलीगढ़ा निवासी महावीर रजवार को बीस वर्ष का सश्रम कारावास औश्र बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड अंतर्गत हस्सा पंचायत के बाजिगमा ग्राम स्थित राजकीय मध्य विद्यालय परिसर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया